ं प्रदेशभर में दुर्गा अष्टमी का पर्व पारम्परिक श्रृद्धा के साथ मनाया जा रहा है दुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व कल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

केन्द्र सरकार ने कोरोना से राहत के लिए कुछ विशेष ऋण खातें में साधारण व्याज और चक्रवृद्धि व्याज के अंतर वाली राशि पर छह महीने के लिए अनुप्रह अनुदान देने की योजना मंजूर की है

इस योजना के तहत ऐसे लोग पात्र होंगे जिनका ऋण खाता स्वीकृत सीमा के दायरे में है और जिसमें अधिकतम दो करोड रुपये तक का बकाया है योजना का लाभ सुक्म लघ्र और मध्यम उद्यम ऋणों आवास ऋण क्रेडिट कार्ड बकाये अह्रदोमोवाइल ऋण उपभोक्ता ऋण और वैयक्तिक ऋण से लेकर व्यावसायिक ऋण तक के लिए लिया जा सकता है जिनकी कूल लेनदारी दो करोड़ रुपये से अधिक की होगी वे अनुग्रह भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय द्वारा कोरोना महामारी के कारण आईटीआर भरने की समय सीमा चौथी बार बढ़ाई गई है

राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार ये चुनाव चार चरणों में होंगे

इन चुनावों के लिए अधिसुचना चार नवम्बर को जारी की जाएगी इन चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा आयोग ने चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों मतदान दलों के प्रशिक्षण राजनीतिक दलों और मतदाताओं के लिए कोविड गाइडलाइन की पालना के संबंध दिशा निर्देश जारी किये हैं

उम्मीदवार घर घर जाकर सम्पर्क कर रहे हैं वहीं इस बार कोरोना के कारण सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से प्रचार करने पर जोर दिया जा रहा है भाजपा और कांप्रेस के विधायक सांसद तथा पार्टी पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं

इसका प्रसारण आकाशवाणी और द्वरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा आकाशवाणी की वेवसाइट न्यूज अहन एआईआर डहट कहम और मोबाइल एप न्यूज अहन एआईआर पर भी यह उपलब्ध होगा इसके साथ ही यह कार्यक्रम डीडीन्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलो पर भी सीधे प्रसारित होगा

उन्होने कहा कि आगामी त्योहारों और सर्दियो में पर्याप्त सावधानी और कोविड नियमों का समुचित पालन करने से इस महामारी से कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा

इस जन आंदोलन से जुड़ते हुए पैरालम्पियन देवेन्द्र झाझड़िया ने लोगो से घर से बाहर जाने पर मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने का आयाह किया है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

वोर्ड के अध्यक्ष डी पी जारौली ने मीडिया से बातचीत में बताया कि संशोधित पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है पाठ्यक्रम में कमी की प्रक्रिया केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा वोर्ड सीवीएसई द्वारा अपनाई गई कार्यविधा के मद्देनजर की गई है

वोर्ड के अध्यक्ष ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार ये परीक्षा आयोजित करने जा रहा है इसके लिए दसवीं कक्षा में अध्यननरत विद्यार्थी स्कूल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे

कोरोना महामारी के कारण मंदिरों में भीड़ की रोकथाम के लिए भी खास इंतजाम किये गये हैं सीकर जिले की जीण माता में कोरोना के कारण आज अष्टमी का पारंपरिक भोग नहीं लगाया गया और नवरात्र मेला भी आयोजित नहीं किया गया सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर और बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है हमारे करौती संवाददाता ने वताया है कि कैला देवी मंदिर में श्रद्धालुओं को कोरोना के दिशा निर्देशों की पालना के साथ दर्शन करवाए जा रहे हैं

बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व कल मनाया जाएगा राज्यपाल कलराज मिश्र ने विजयादशमी की बंधाई और श्र्मकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों की समुद्धि सम्पन्नता और खुशहाली की कामना की है